प्रदेश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियासी प्रतिशत हुई

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा लिये बिना छात्रों को डिग्री नहीं दे सकते हैं कोविड उन्नीस महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये फैसला सूनाया न्यायालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं तीस सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छह जुलाई के आदेश को बरकरार रखा है पीठ ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है श्री जावडेकर ने कहा है कि इससे विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा पास करने में मदद मिलेगी

प्रदेश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग छियासी प्रतिशत हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से नौ प्रतिशत अधिक है रिकवरी के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है सिर्फ दिल्ली अभी बिहार से आगे है वहीं कोरोना संक्रमण की दर में भी लगातार गिरावट आ रही है संक्रमण का दर एक दशमलव आठ नौ प्रतिशत हो गया है यानि अब एक सौ नमूनों की जांच में दो से भी कम लोग संक्रमित मिल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि एक दिन में संक्रमण के एक हजार नौ सौ अंठानवे नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक पटना जिले से दो सौ छियानवे मामलों की पुष्टि हुई है वहीं भागलपुर से एक सौ इक्कीस मुजफ्फरपुर से छियासी पूर्वी चंपारण से चौरानवे और पूर्णिया से सतासी नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं एक दिन में दो हजार सात सौ उनचास रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख बारह हजार चार सौ पैंतालीस हो गई है इसी अवधि में बारह लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा छह सौ चौहत्तर हो गया है कोविड डेडिकेटेड हॉस्पीटल एनएमसीएच में कोरोना मरीजों की मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिये काउंसिलिंग की व्यवस्था की जायेगी अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मरीजों की अस्पताल से छुट्टी के समय काउंसिलिंग होगी पटना स्थित जयप्रभा ब्लड बैंक में प्लाज्मा बैंक शुरू होगा इसके लिये भारत के औषधि नियंत्रक ने लाइसेंस जारी कर दिया है पटना जिला प्रशासन ने आज से बिग बाजार को खोलने की अनुमति दे दी है अन्य बड़े और मल्टीब्रांड मॉल अभी नहीं खुलेंगे कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है

सेकेंड मोस्ट इपॉर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाए और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है

जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा आज नई दिल्ली में बिहार के पार्टी सांसदों के साथ बैठक करेंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में मुख्य रूप से विधान सभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी कांग्रेस के बिहार प्रभारी सचिव अजय कपूर ने कहा है कि पार्टी एक से इक्कीस सितंबर के बीच सभी जिलों में बिहार क्रांति वर्चअल महासम्मेलन का आयोजन करेगी इस सम्मेलन को पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार विधान सभा चुनाव में एक सौ पचास सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी राज्य सरकार अपने कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि खातों पर केंद्र सरकार की तर्ज पर सात दशमलव एक प्रतिशत ब्याज देगी इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है यह ब्याज दर एक जुलाई से तीस सितंबर दो हजार बीस तक के लिये लागू होगी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है हमारे संवाददाताओं ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर स्थिर बने रहने के कारण खगड़िया भागलपुर मुंगेर और कटिहार के नये इलाकों में बाढ़ के पानी का फैलना रूक गया है हालांकि गंडक नदी के जलस्तर में जारी उतार चढ़ाव से सारण और गोपालगंज जिले की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं है उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है इधर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जान माल को हुई क्षति का आकलन शुरू कर दिया गया है पथ निर्माण विभाग ने भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है झारखण्ड उच्च न्यायालय ने विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है इस मामले में एक अन्य आरोपी रितेश सिंह को न्यायालय ने बरी कर दिया है दो सदस्यों वाली खंडपीठ ने कहा कि दोनों की इस मामले में संलिप्तता के साक्ष्य उपलब्ध हैं और ऐसे में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा सही है प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई पर वर्ष उन्नीस सौ पंचानवे में मशरक के तत्कालीन विधायक आशोक सिंह की हत्या का आरोप था इस मामले में हजारीबाग स्थित निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई थी सीबीआई ने पटना एम्स के दंत चिकित्सा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस के मुकुल के कई ठिकानों पर छापेमारी की है भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में एम्स प्रशासन द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद ये कार्रवाई की गयी है डॉक्टर एस के मुकुल पर आरोप है कि उन्होंने मरीजों को अधिक मूल्य पर दांत के इम्प्लांट में इस्तेमाल होने वाले सामग्री उपलब्ध करवाये थे आरोप के अनुसार उन्होंने बेंगलुरू की एक कंपनी के साथ मिलकर मरीजों को सामान बेचे थे इस कंपनी के पटना के गोविंद मित्रा रोड और बेंगलुरू स्थित कार्यालय में भी तालाशी ली गई है निगरानी जांच ब्यूरो ने बक्सर औद्योगिक जेल के पूर्व अधीक्षक वीरचंद प्रसाद सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है वीरचंद प्रसाद सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का द्रूपयोग करते हये लगभग ढाई करोड़ रूपये की चल अचल संपत्ति अर्जित की राजद विधायक तेज प्रताप यादव पर कोविड उन्नीस के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में रांची के चूटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है आरोप है कि तेज प्रताप यादव ने झारखण्ड आने के लिये सरकार से अनुमति नहीं ली थी और न ही उन्होंने चौदह दिनों के होम क्वारेंटीन के नियम का पालन किया कोरोना संक्रमण को बढ़ते मामलों को देखते हुये झारखण्ड में प्रवेश के लिये ई पास अनिवार्य है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में डूबने की घटनाओं में दस बच्चों से सहित बीस लोगों की मौत हो गयी भागलपुर में छह मुंगेर में चार समस्तीपुर और लखीसराय में तीन तीन सुपौल में दो तथा मधेपुरा और पूर्णिया में एक एक व्यक्ति की ड्रबने से मौत की खबर है आज राष्ट्रीय खेल दिवस है हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद इस अवसर पर वर्च्रअल बैठक के माध्यम से वर्ष दो हजार बीस के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान करेंगें श्री कोविंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य प्रस्कार ध्यानचंद प्रस्कार तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन प्रस्कार प्रदान करेंगें इधर राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुये खेल दिवस पर वर्चुअल समारोह का आयोजन हो रहा है हालांकि इस बार खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया जायेगा सम्मान समारोह दिसंबर महीने में आयोजित होगा केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया है कि विशेष योजना के तहत सरकार सितम्बर माह से हर एक व्यक्ति का बिजली बिल माफ कर देगी सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नामांकित पहली से आठवीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्य प्रस्तक उपलब्ध कराने के लिये शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलायेगा एक से बीस सितंबर तक सभी बीआरसी और सीआरसी केंद्रों में द्रकान लगाकर किताबें बेची जायेंगी गौरतलब है कि राज्य सरकार ने किताब खरीदने के लिये बच्चों के बैंक खाते में पूर्व में ही राशि भेज दी है कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुये एलएलबी में दाखिले के लिये आयोजित होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है अब यह परीक्षा अट्ठाईस सितंबर को आयोजित होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आशुलिपिक पद के लिये हुई लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है लिखित परीक्षा में एक हजार छह सौ पांच छात्रों को सफलता मिली है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिये पंजीकरण की राशि जमा करने की अंतिम तिथि तीन सितंबर तक बढ़ा दी है लखीसराय और जमुई के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाये गये सर्च ऑपरेशन के दौरान पूलिस ने क्ख्यात नक्सली बालेश्वर कोड़ा की पत्नी को गिरफ्तार किया है अभियान के दौरान चकाई थाना क्षेत्र से पच्चीस डेटोनेटर और बम बनाने के सामान भी बरामद किये गये हैं मुंगेर जिले के हेमजापुर चौकी क्षेत्र से पुलिस ने हथियारों के साथ पटना जहानाबाद और अरवल के पांच कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है वहीं कैमूर जिले को अघौरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नौ अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक से पुलिस ने पचास लाख रूपये मूल्य की शराब बरामद की है ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुये लिखा है बिहार चुनाव कोरोना के कारण नहीं टाल सकते दैनिक भास्कर ने लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय की तैंतीस हजार सात सौ सत्रह करोड़ रूपये की योजनाओं का किया उद्घाटन

दैनिक जागरण की सुर्खी है रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने की दस घंटे पूछताछ प्रभात खबर लिखता है गांधी सेतु के समानांतर नये पुल का निर्माण ग्यारह सितंबर से राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई अब ग्यारह को दैनिक आज की सुर्खी है राज्य सरकार की सहमति मिलने पर चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें

प्रदेश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियासी प्रतिशत हुई